इसके लिए उन्होंने आयोग के गठन की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित प्रदेश वापस लाने के लिए कृतसंकल्प प्रदेश में अब तक एक हजार तीन सौ इकसठ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से प्रवासी कामगारों को लाने का प्रबन्ध किया गया प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक तीन हजार छः सौ साठ लोग स्वस्थ हुए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश सरकार रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने एक आयोग गठित करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री ने इस आयोग के गठन की कार्यवाही को तेज करने के निर्देश दिए हैं श्री योगी लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी कामगारों के कौशल का व्यौरा जुटाने का काम जारी रखा जाए उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यों को बरसात के मौसम में भी जारी रखने की संभावनाएं तलाशी जाएं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के भी निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश की सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों में उत्पादित पीपीई किट मारक और अन्य सामान की खरीद सरकार के स्तर से की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि मारक का उपयोग न करने पर जिन व्यक्तियों का चालान किया जाए उन्हें ग्रमीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित मास्क उपलब्ध कराए जाएं श्री योगी ने टिड्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसलों को बचाने के लिए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए देश में दो महीने के अंतराल के बाद घरेलू यात्री विमान सेवा कल से फिर शुरू हो गई इससे देश के विभिन्न भागों में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है लखनऊ और वाराणसी हवाई अड्डों से भी कल घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गयीं

गोरखपुर से पहले दिन कल दिल्ली और मुम्बई के लिए विमानों ने उड़ान भरी यात्रियों ने विमान सेवाओं के शुरू होने पर खुशी जाहिर की है पूर्णबन्दी के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक एक हजार तीन सौ इकसठ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का प्रबन्ध किया है इनसे लगभग अट्ठारह लाख बासठ हजार प्रवासी श्रमिकों को राज्य में वापस लाया जा रहा है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सुचना अवनीश कृमार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि इनमें से एक हजार एक सौ चौहत्तर रेलगाड़ियां अब तक प्रदेश पहुंच चुकी हैं जिनसे पन्द्रह लाख बासठ हजार से ज्यादा श्रमिक राज्य में वापस आये हैं उन्होंने बताया कि बाकी रेलगाड़ियां अगले एक दो दिन में प्रदेश पहुंचेंगी प्रदेश में अब तक गुजरात से सबसे ज्यादा चार सौ तीस श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां आयी हैं इनसे छह लाख अट्ठारह हजार के करीब कामगारों को लाया गया है इसके बाद महाराष्ट्र से दो सौ अट्ठावन रेलगाड़ियों का आगमन प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर हुआ है इनके जरिये तीन लाख तैंतालीस हजार से अधिक श्रमिकों को वापस लाया गया है पंजाब से एक सौ छियानबे रेलगाड़ियों से दो लाख पच्चीस हजार के करीब कामगार राज्य में वापस लौटे हैं दिल्ली से छिहत्तर ट्रेन प्रदेश पहुंची हैं रेल मंत्रालय ने देशभर में तीन हजार साठ से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिये चालीस लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है रेलवे ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे कामगारों तीर्थ यात्रियों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए पहली मई से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट और एन नाइन्टी फाइव मास्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है देश में अब तीन लाख से अधिक पीपीई किट और एन नाइन्टी फाइव मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इनकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर इकतालीस दशमलव पांच सात प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक कुल सत्तावन हजार सात सौ बीस रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में तीन हजार दो सौ अस्सी रोगी स्वस्थ हुए संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख अड़तीस हजार आठ सौ पैंतालीस हो गई है सतहत्तर हजार एक सौ तीन मरीजों का इलाज चल रहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ बाईस लोग स्वस्थ हुए हैं जिसके बाद अब तक बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर तीन हजार छः सौ साठ हो गई है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार छः सौ अड़सठ है कल दो सौ उन्तीस नए रोगी मिलने के बाद प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या छः हजार चार सौ सत्तानबे हो गई प्रदेश में कल आठ मरीजों की कोविड नाइन्टीन के कारण मृत्यु हुयी राज्य में मृतकों की संख्या एक सौ उनहत्तर पहुंच गई है प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक उन्नीस मरीज रामपुर जिले में मिले यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एक सौ सड़सठ हो गई है बस्ती में सोलह मरीज मिलने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या एक सौ चालीस पहुंच गई है बलिया में कल सोलह मामले मिले जिसके बाद यहां संक्रमितों की तादाद इकत्तीस हो गई है गोरखपुर में तेरह नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा तिरपन हो गया है वाराणसी में भी तेरह नए मरीज मिले हैं जनपद में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एक सौ उन्सठ है इसके अलावा फिरोजाबाद में दस आगरा चित्रकूट में नौ नौ गौतमबुद्ध नगर जौनपुर गाजीपुर में आठ आठ कानपुर नगर बाराबंकी सिद्वार्थ नगर में सात सात गाजियाबाद में छ अमेठी इटावा मुरादाबाद में पांच पांच मथ्रा बरेली भदोही में चार चार बिजनौर बहराइच अमरोहा एटा में तीन तीन हमीरपुर चन्दौली अम्बेडकर नगर शामली कौशाम्बी प्रयागराज सुल्तानपुर मेरठ में दो दो और अलीगढ़ सहारनपुर फतेहपुर बुलन्दशहर संभल प्रतापगढ़ महाराजगंज बदायूं उन्नाव मैनपुरी तथा शाहजहापुर में एक एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि ह्यी है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देश भर में दसवीं और बारहवीं की बाकी परीक्षाओं के लिए लगभग पन्द्रह हजार परीक्षा केन्द्र बनाने का निर्णय किया है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी परीक्षाएं पहली जुलाई से पन्द्रह जुलाई तक आयोजित की जाएंगी इससे पहले सीबीएसई ने केवल तीन हजार केन्द्रों पर परीक्षाएं कराने का निर्णय किया था परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय इसलिए किया गया ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके और छात्रों को परीक्षा देने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले ही घोषणा कर चुका है कि छात्र अपने नामांकित स्कूलों में ही परीक्षा देंगे गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड नाइन्टीन कंटेनमेंट जोन में कोई भी परीक्षा केन्द्र नहीं होगा बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं समूचे देश में होंगी जबकि दसवीं कक्षा की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में होनी हैं गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद सीमा सील करने का आदेश दिया है जिलाधिकारी ने कहा है कि दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जाएगा जिनके पास आधिकारिक पत्र होंगे दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं और चिकित्सा सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अधिकारियों ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में गाजियाबाद में नोवल कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है इनमें से बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो रोजाना दिल्ली और गाजियाबाद के बीच सफर करते हैं सीमा सील करने का निर्णय मृख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिशों को देखते हए लिया गया है आकाशवाणी विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है जैसे जैसे अब आफिसेज खुल रहे हैं लोग आफिस आ रहे हैं एक तो आफिस में सोशल डिस्टेसिंग कि आफिस में भी अगर आप बैठे है तो कम स्टॉफ रखें उनकी दूरी जो हैं कम से कम छह फिट या दो मीटर की दूरी में बैठे हो आपस में खाना इकहा न खायें जैसे आफिस में अंदर आये या अफिस के बाहर जायें तो अपने सैनिटाइजर से हाथ साफ रखें कई अफिसेज यह भी कर रहे हैं जो अच्छी है कि एक ही जगह से लोग अंदर आये और दूसरी जगह से बाहर जायें जिससे मिक्सिंग न हो वन वे आना जाना हो दरवाजों में या रास्तों में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शौर्य चक्र विजेता शहीद कैप्टन राकेश शर्मा के जनपद मथुरा स्थित गांव भरनाकला को जोड़ने वाले गोवर्धन छाता मार्ग का नाम कैप्टन राकेश शर्मा के नाम पर किये जाने की अनुमति दी है